वृद्धावस्था विधवा दिव्याग सहित विभिन्न पेंशन योजना के हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की गई दो महीने की पेंशन राशि हनुमान जयंती आज लॉकडाउन के कारण सभी सामूहिक आयोजन रद्द श्रद्वालु घरों में ही करेंगे पूजा अर्चना

उधर ग्वालियर में चार नये पॉजीटिव केस सामने आये हैं

इनमें से दो मरीज स्वस्थ हो गये हैं मुरैना और श्योपुर में भी कल एक एक कोरोना प्रभावित मरीज की पुष्टि हुई है मुरैना से हमारे संवादाता ने बताया है कि कोरोना के दो संदिग्ध मरीज जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से भाग गये इनमें से एक शख्स को पुलिस ने पकड़कर दोबारा अस्पताल में दाखिल कराया वहीं दूसरे मरीज की तलाश की जा रही है

वहीं इन्दौर में कफ्यू का उल्लंघन करने वालों को सांवेर रोड़ पर बनाई गई अस्थायी जेल में रखा जा रहा है

छिन्दवाड़ा में कल नगरनिगम आयुक्त द्वारा लॉकडाउन में ड्यूटी दे रहे सफाई कर्मचारियों का स्वागत कर उनका हौसला बढ़ाया गया रीवा में कोरोना जांच के लिए लैब स्थापित की गई है यहां उमरिया सहित आसपास के जिलों से आये नमूनों की जांच की जायेगी शिवपुरी में कल पुलिस अधीक्षक ने पैदल मार्च कर लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की डिण्डोरी राजगढ़ अनूपपुर नीमच बढ़वानी गुना नरसिंहपुर रायसेन सहित सभी जिलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाये सीएम पुलिस प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना आपदा में ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का बीमा कराया जायेगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इसकी घोषणा की श्री चौहान ने कल प्रदेश के अलग अलग शहरों के पुलिसकर्मियों से फोन पर बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों के हालचाल जाने और उनके शहरों में कोरोना के विरुद्ध चल रही कार्यवाही की जानकारी ली श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिसकर्मी असली योद्वा के रूप में सामने आये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी अनहोनी की दशा में पुलिसकर्मियों को पचास लाख रुपये का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जायेगा उपराष्ट्रपति लॉकडाउन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण लोगों का स्वास्थ्य है देशव्यापी लॉकडाउन के दो सप्ताह पूरे होने के आकलन और इसके आगे की दिशा पर चर्चा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि मौजूदा राष्ट्रव्यापी प्रतिबंधों से बाहर निकलने के बारे में कोई भी फैसला करने के लिए अगला सप्ताह महत्वपूर्ण होगा उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव की गति और इसके प्रभाव का विवरण मिल जाने पर ही लॉकडाउन समाप्त करने की रणनीति तय की जा सकती है

इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और भोपाल में बढ़ते मरीजों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ाने के संकेत दिये हैं मुख्यमंत्री ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कहा कि लोगों का जीवन बचाना ज्यादा जरूरी है

इनमें वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक मानसिक बहु निशक्तजनों को आर्थिक सहायता योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनर्स लाभान्वित होंगे राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोष में दस दस लाख रुपए दिए हैं श्री टंडन ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण असाधारण स्थिति बनी हुई है अर्थ व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हो रही है इन परिस्थितियों के परिद्रश्य में समय की आवश्यकता है कि संपूर्ण शक्ति और संसाधन कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में लगाये जायें

कोरोना संकमण को देखते हए जारी देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इस बार हनुमान मंदिर सुने रहेंगे लोगों से शासन प्रशासन द्वारा घरों में ही पूजा अर्चना कर हनुमान जयंती मनाने की अपील की गई है अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिर्ल के शाडौरा में लगने वाला एक सौ दस वर्ष प्राना मेले का आयोजन इस बार नहीं होगा

उधर गुना में हनुमान टेकरी मंदिर के पट भी बंद रहेंगे टेकरी पर लगने वाला पांच दिवसीय मेले का आयोजन भी नहीं किया जायेगा उधर खंडवा में हनुमान जयंती पर होने वाला विशाल भंडारा रदद कर दिया गया है उमरिया जिले में लोगों द्वारा आज पूरे श्रद्वाभाव के साथ घरों में विशेष अनुष्ठान किये जायेंगे लॉकडाउन के कारण मंदिरों में होने वाले आयोजन शोभा यात्रा और भंडारे रदद कर दिये गये हैं वहीं कल शब ए बारात का त्यौहार मनाया जायेगा इसमें मुस्लिम समुदाय कब्रिस्तान जाकर पुरखों को याद करते हैं साथ ही मस्जिदों में रात भर इबादत करते हैं हालांकि लॉकडाउन के दौरान लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है इंदौर शहर काजी डाक्टर इशरत अली और भोपाल शहर काजी सहित सभी जिलों में समुदाय के धर्मगुरूओं ने लोगों से कहा है कि वे घरों में ही इबादत करें मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों मे चटक ध्रप के साथ गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिये हैं अप्रैल के पहले सप्ताह में खरगौन में तापमान पैतालीस डिग्री सेल्सियस तक पहंच गया है वहीं राजधानी भोपाल में भी गर्मी महसूस होने लगी है यहां अधिकतम तापमान अड़तीस डिग्री के आसपास बना हआ है हालांकि कर्नाटक से लेकर विदर्भ के बीच बनी द्रोणिका के चलते जबलपुर और होशंगाबाद संभाग के कुछ जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारे पड़ीं उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के करकेली जनपद में कल दोपहर तेज बारिश हुई जिससे खलिहानों में रखी गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है